प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है इस चरण में फ्रंटलाईन वर्कर्स को टीका लगाया जायेगा

इसके अलावा अजमेर और हनुमानगढ़ में लक्ष्य से अधिक टीकाकरण किया गया

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

प्रदेश के ढाई लाख शिक्षकों को रविवार को भी स्कूल आना होगा माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरम स्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं

स्कूल प्रशासन को पीटीएम के दौरान ही अभिभावकों से सहमति पत्र लेना होगा कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोई भी दुष्प्रचार भारत की एकता को डिगा नहीं सकता श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि देश प्रगति के लिए एकजुट और एक साथ खड़ा है गृहमंत्री ने कहा कि भारत के भाग्य का फैसला केवल प्रगति से होगा किसी दुष्प्रचार से नहीं इधर सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने किसानों के प्रदर्शन पर सरकार के पक्ष का समर्थन करने वाले किकेटर सचिन तेंद्रलकर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और अजय देवगन का साथ देते हुए कहा है कि देश समस्याओं के सौहार्द पूर्ण समाधान में समक्ष है लता मंगेशकर ने ट्वीट कर कहा कि भारत एक गौरवशाली राष्ट्र है और हम सभी भारतीय अपना मस्तक गर्व से उंचा रखते है महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की जन्मशताब्दी के अवसर पर एक वर्ष तक चलने वाले समारोह आज से शुरू हो गए हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी के जीवन और संगीत पर बनी फिल्म अपनी वेबसाइट और यू ट्यूब चैनल पर प्रदर्शित करेगा

अनावरण समारोह में शहीद के परिजन कई जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल होंगे आज विश्व कैंसर दिवस है चिकित्सा विभाग द्वारा कैंसर रोग के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे करौली जिले में चिकित्सा संस्थानों में जन जागरूकता और स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन किया जायेगा

राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड को कोरोना महामारी के दौरान की गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है

उन्होंने मिशन मोड में काम करते हुए योजनाओं को गति देने को कहा कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य विकास समन्वय ओर निगरानी समिति दिशा की पहली बैठक को सम्बोधित करतें हुए मुख्यमंत्री ने मनरेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा जल जीवन मिशन समग्र शिक्षा अभियान तथा नेशनल हैत्थ मिशन से सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की राजधानी जयपुर अलवर दौसा टोंक बूंदी कोटा सवाई माधोपुर करौली भरतपुर हनुमानगढ़ और इनसे लगते क्षेत्रो में आज कहीं कहीं हल्की बारिश की होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग ने कहा है कि जयपुर भरतपुर और बीकानेर संभाग के उत्तरी जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकता है इस बीच जयपुर में कल रात और आज सुबह कहीं कहीं ब्रंदाबांदी हुई सवाई माधोपुर और करौली जिले में भी मौसम में बदलाव से देर रात बाद कई स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की बरसात हुई